इससे पहले प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हई चर्चा में भाग लेर्त हुए कहा कि सरकार ने दस दिन में किसानों के ऋण माफ करने का वादा किया लेकिन किसान आज भी संपूर्ण कर्जमाफी का इंतजार कर रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधों में निरन्तर बढोतरी हुई है और महिला और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के खिलाफ भी अपराध बढे हैं श्री कटारिया ने कहा कि सरकार को अपने वादे के अनुसार प्रदेश में काम कर रहे संविदाकर्मियों को नियमित करना चाहिए था लेकिन इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई है विधानसभा के शून्यकाल में मंत्रियों और विधायकों की गैरमौजूदगी पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने गहरी नाराजगी जताई श्री जोशी ने कल शून्यकाल में मंत्रियों की कम उपस्थिति को गंभीरता से लिया और सभी मंत्रियों को सदन में रहने के निर्देश दिये उन्होनें यह भी कहा कि यदि मंत्री सदन में नहीं बैठे तो उनकें चैंबरो में ताले लगवाने पडेंगे उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर लम्बित आपराधिक मुकदमों का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें

जिन के खिलाफ आपराधिक मुकदमे लम्बित हैं राजनीतिक दलों को फेसबुक और टिवटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म तथा एक स्थानीय और एक राष्ट्रीय अखबार में भी यह ब्यौरा प्रकाशित कराने का निर्देश दिया गया है पुलवामा में हुए आतंकी हमले की आज पहली बरसी है आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कोन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया गया था

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हमले में शहीद हुए जवानों को यादव करते हुए श्रृद्वाजलि दी है शहीदों के सम्मान में आज देशभर में कई आयोजन होंगे प्रदेश में भी कई कार्यक्रमो के माध्यम से उन्हें श्रद्वाजंलि दी जा रही है घौलपुर के जवान भागीरथ सिंह ण्की प्रतिमा का आज उनके पैतृक गांव में अनावरण किया जायेगा

श्री मोदी ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार मेजने को कहा है बीकानेर में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक सम्पर्क ब्यूरो और स्वास्थ्य विमाग की ओर से टीकॉकरण अभियान इन्द्रधनुष को लेकर लोगो में जागरूकता लाने के लिए कई कार्यकम आयोजित किए जा रहे है इनमें विभिन्न कला जत्थों द्वारा लोकनृत्य नाटिकाओं और गायन के जरिये टीकाकरण का संदेश दिया जा रहा है सवाईमाधोपुर जिले के खंडार पुलिस थाना क्षेत्र में कल शिकारियों को पकड़ने गये पुलिस और वनकर्मियों के दल पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया